प्रत्येक क्षेत्र में जहां भी गरीब अभाव में नजर आए उन्हें सक्षम बनाने के लिए सरकार योजनाएं लेकर आई प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिए स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के मध्य प्रदेश के लाभार्थियों के साथ संवाद के दौरान यह बात कही उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य है कि स्ट्रीट वेंडर अपना काम फिर श्रू कर सकें और आसानी से पूंजी हासिल कर सकें पहली बार लाखों स्ट्रीट वेंडर का नेटवर्क इस सिस्टम से ज्ड़ा और उन्हें पहचान मिली स्वनिधि योजना के लाभ के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के जरिए स्ट्रीट वैंडर ब्याज से पूरी तरह छ्टकारा पा सकते हैं इस योजना के तहत ब्याज में सात प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है लेकिन अगर क्छ बातों पर ध्यान दिया जाए तो उन्हें क्छ भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लाभ उपलब्ध कराने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें ऑनलाइन डिलीवरी की स्विधा देने पर विचार किया जा रहा है यह स्निश्चित करने के लिए बैंकों और डिजिटल भ्गतान की स्विधा उपलब्ध कराने वाले पक्षों के साथ सहयोग से नई श्रूआत हई है कि स्ट्रीट वेंडर डिजिटल शॉपकीपिंग से अछ्ते न रहें अब बैंकों और संस्थानों के प्रतिनिधि स्ट्रीट वेंडर के घर और रेहड़ी तक आयेंगे और उन्हें क्यूआर कोड देंगे

राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार प्रदेश में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या एक हजार छह सौ सत्तर है और अबतक तीन हजार सात सौ तेईस व्यक्ति स्वस्थ हो चुके है कल आए नए मामलों में से सबसे अधिक पाप्मपारे जिले से छाछठ राजधानी क्षेत्र ईटानगर साठ ईस्ट् सियांग से इक्कीस वेस्ट सियांग चौदह चांगलांग से ग्यारह लोहित से दस लोअर स्बनसिरी से नौ अपर सियांग और लोअर दिवांग वैली जिले से छह छह मामले सामने आए है रामक़ष्ण मिशन अस्पताल ईटानगर के प्रभारी दवारा दी गई जानकारी के अनुसार अस्पताल में कुछ स्वास्थ्य कर्मियों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के कारण डायलिसिस को छोड़कर अस्पताल की अन्य स्वास्थ्य सेवाएं कलतक स्थगित रहेगी

इसकी प्ष्टि ख्द चीनी सेना ने की है केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कल ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी इधर सेना ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के पांच य्वाओं को शीघ्र वापस लाने की औपचारिकताओं के लिए चीनी सेना के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है

तेजप्र के रक्षा जनसम्पर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष वर्धन पांडे ने कहा कि सेना के लगातार प्रयासों के कारण लापता य्वाओं को खोज लिया गया है उन्होंने कहा कि चीन की सेना ने आज हॉटलाइन पर यह जानकारी दी और इस बात की प्ष्टि की है कि लापता भारतीयों को उनकी तरफ पाया गया है

उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्र के निर्धारण के आदेश के बाद प्लिस विभाग भू प्रबंधन विभाग और अन्य संबंधित विभागो के अधिकारियों ने अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट तालो पोतोम ने बताया कि सरकारी भूमि पर गैर कानूनी तरीके से निर्माण करने वालों के खिलाफ स्नवाई पूरी होने के बाद उन्हें नोटिस जारी किया गया था और इसके बाद ही आवश्यक कार्रवाई की गई